सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता निशा सिंह को कृषि पशुपालन का जिम्मा सौंपा गया है संजय गुप्ता को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग आरडी धीमान को राजस्व के साथ वन और भाषा कला व संस्कृति विभाग का कार्यभार दिया गया है कमलेश पंत को पर्यावरण विज्ञान के साथ प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार दिया है सचिव आय्र्वेद डॉ अजय शर्मा को प्रिंटिंग व स्टेशनरी डॉ एसएस गुलेरिया को सचिव युवा सेवाएं व खेल के साथ मंडलायुक्त कांगड़ा का कार्यभार सौंपा गया है अमित कश्यप को प्रबंध निदेशक राज्य ऊर्जा निगम के साथ सामान्य उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है आशीष कोहली को नगर निगम शिमला का नया आयुक्त बनाया गया है सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सर्दियों में कोरोना मामले बढने की आशंका है और ऐसे में और भी सचेत रहने की आवश्यकता है सोलन में कल रात प्रैस क्लब के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब तक दवा नहीं बन जाती तब तक सावधानी बरतने की जरूरत है राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को जागरूक करने में मीडिया ने सराहनीय कार्य किया है उन्होंने सभी लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने और अन्य उपाय अपनाने का आहवान किया है

इनमें पलासला में सामुदायिक केंद्र मौहड़ा में महिला मंडल और चैली में सामुदायिक शैड का लोकार्पण भी शामिल है इस मौके उन्होंने जनसुनवाई भी की और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया राजेंद्र गर्ग ने लोगों से आगामी पंचायत चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को निर्विरोध चुनने का आहवान किया

रोहित ठाकुर कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में आगजनी से प्रभावित बागवानों को तुरंत मुआवजा देने की सरकार से मांग की है उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से आगजनी के कारण सेब व नाशपती के हजारों पौधें जलकर तबाह हो गए हैं जिससे बागवानों को भारी नुकसान पहुंचा है विशेष रूप से थाना रोहटान कठासू हिमरी और घुंडा जैसे स्थानों पर आगजनी की अनेक घटनाएं हुई हैं रोहित ठाकुर ने कहा कि कई बागवानों के बागीचे तबाह हो गए हैं ऐसे में उन्हें फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए उन्होंने मनरेगा व बागवानी तकनीकी मिशन जैसी भूमि सुधार योजनाओं के अंतर्गत लाकर सेब बागीचों को प्राथमिकता के आधार पर पुनःस्थापित करने का आग्रह भी किया है राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि कांगड़ा जिले के अंद्रेटा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि यहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके आज अंद्रेटा स्थित शोभा सिंह आर्ट गेलरी व म्यूजियम का दौरा करने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस आर्ट गेलरी में महान चित्रकार व कलाकार की द्लर्भ कलाकृतियां रखी गई हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है इस अवसर पर सरदार शोभा सिंह की बेटी ग्रचरण कौर ने वन मंत्री को शोभा सिंह द्वारा बनाई गई शहीद ए आजम भगत सिंह की तस्वीर भेंट की

सतपाल सत्ती राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज राजकीय महाविद्यालय ऊना के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया